केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति के बीच कुछ शर्तो के साथ फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग की अनुमति दी मवेशियों से भरे ट्रक के साथ पशु तस्करों को रामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार पशुओं को बिहार के औरंगाबाद से बंगाल ले जाया जा रहा था हजारीबाग के बड़कागांव से पुलिस ने दो नक्सलियों को किया गिरफ्तार

राजधानी रांची में एक सौ अठासी नये संक्रमितों की पुष्टि की गयी है वहीं आठ सौ चौदह संक्रमित स्वस्थ भी हुए है राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या उन्नतीस हजार एक सौ तीन हो गयी है

लोहरदगा जिला मे कोरोना का संक्रमण लगातार बढता जा रहा है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने धनबाद कोविड अस्पताल में गिरफ्तार युवक के शराब का सेवन करने के मामले को लेकर जांच करने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने धनबाद के उपायुक्त को इस मामले की जांच कर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद धनबाद के उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को मामले की अविलंब जांच कर दोषियाँ के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर एकाउंट पर एक तस्वीर साझा की गयी थी जिसमें धनबाद कोविड अस्पताल में युवक के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है पिछले शुक्रवार को धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया था और वह युवर्क कोरोना संक्रमित है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति के बीच फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग की अनुमति देते हुए इसके लिए आज मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की घोषणा की श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग देश को महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश के कई हिस्सों में फिल्म और टेलीविजन उद्योग पूरी तरह बंद हो गया था कृछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी लेकिन आज से केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया के तहत देश भर में शूटिंग की अनुमति दे दी है उन्होंने कहा कि एसओपी के तहत शूटिंग के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखना तथा मेकअप और केश विन्यास करने वाले कलाकारों के लिए पीपीई सूट पहनना अनिवार्य बनाया गया है कई लोगों द्वारा एक ही उपकरण का इस्तेमाल करते वक्त दस्ताने पहनना जरूरी किया गया है प्राईवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की ओर से कोरोना संक्रमणकाल में शैक्षणिक व्यवस्था की गुणवत्ता बनाये रखने और स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से मांगे गये सुझाव पर वर्च्अल मीटिंग की गयी झारखंड इकाई के अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें सुरक्षा के बीच स्कूल खोलने को लेकर पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद के मार्गदर्शन में जूम एप्प पर आनलाइन हुई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

जिले के विभिन्न स्थानों पर कालाजार के मरीजों की जांच की जा रही है

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पोटका की पूर्व विधायक श्रीमती मेनका सरदार उपस्थित थी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है

लोगों का काम नहीं हो रहा है रोजगार नहीं मिल पा रहा है

गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर और खलासी ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया है कि ट्रक में लदे सभी पशुओं को औरंगाबाद से बंगाल के बाजार में बिक्री के लिए ले जा रहे थे कार्रवाई की जानकारी देते हुए मुख्यालय डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मवेशियों से भरा ट्रक बिहार से बंगाल गोला या रांची के सिकिदरी घाटी होते हुए बंगाल ले जाया जा रहा है इस सूचना के बाद रात में ही दो टीमें गठित की गई गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेजा भेज दिया गया हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के दो नक्सलियो को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार रितेश गुप्ता एवं अशोक गंझु पर लेवी और रंगदारी मांगने का आरोप है बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए कार्य कर रहे त्रिवेणी सैनिक कंपनी में लेवी और रंगदारी मांगने का मामला सामने आाया था जिसपर कार्रवाई करते ्हए पुलिस ने गिरफ्तारी की है पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि रंगदारी लेने हेतु इन दोनों द्वारा त्रिवेणी कंपनी के महाप्रबंधक और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई साथ ही कंपनी के पेट्रोल पंप एवं प्लांट को उड़ा देने की भी धमकी दी गई थी बड़कागांव में त्रिवेणी सैनिक कंपनी के महाप्रबंधक गोपाल सिंह की हत्याकांड में भी गिरफ्तार दोनों नक्सलियो की संलिप्तता पर पुलिस जांच कर रही है साहिबगंज जिले के बोरियों से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बागपत से आई एक बस को जप्त कर लिया है बस पर बोरियो से गन्ना मजदूरों को लेकर वापस जाना था लेकिन मजदूरों और गन्ना के कारोबार में शामिल लोगों के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हो गया मामला पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने बस को जब्त कर लिया झारखंड सरकार ने बाहर जाने वाले मजदूरों का निबंधन करा कर ले जाने का निर्देश दिया है लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा था साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोद्दा ने हमारे सवांददाता को बताया है कि बीते दो तीन दिनों से बस बोरियो में खड़ी थी गुप्त सुचना मिली थी कि यहां के मजदूरों को ले जाने के लिए बस आई है सुचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को जप्त कर लिया है किसी भी मजदूर को बाहर जाने के लिए उसका निबंधन कराना अनिवार्य है

इस दौरान झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है

वहीं बीते दो दिनों से छिटप्र्ट बारिश हो रही है

मौसम वैज्ञानिक डॉ एसडी कोटाल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है इसके बाद यह झारखंड के ऊपर कायम हो सकता है

बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से कल से अठाईस अगस्त तक राजधानी समेत पूरे राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं